पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को दोबारा दिया टिकट राजद ने बीस उम्मीदवारों को दिया टिकट

कल होगी नामांकन पत्रों की जांच एनडीए के मुख्य सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बीच सिम्बल का वितरण शुरू कर दिया है आज पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के बीच सिम्बल का वितरण किया आज जिन उम्मीदवारों को जदयू में टिकट दिये गये उनमें प्रमुख रुप से राज्य के कैबिनेट मंत्री जय कुमार सिंह संतोष कुमार निराला शैलेश कुमार और कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा शामिल हैं जय कुमार सिंह को दिनारा से शैलेश कुमार को जमालपुर से कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जहानाबाद से और संतोष कुमार निराला को राजपुर से उम्मीदवार बनाया गया है ड्रमरांव से महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजुम आरा को प्रत्याशी बनाया गया है पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है गौरतलब है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले चरण को देखते हुए दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों को उनके चयन और संबंधित विधानसभा सीटों के बारे में सूचना दे दी है महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपने बीस उम्मीदवारों को टिकट दिया है पार्टी ने वरिष्ठ राजद नेता शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को शाहपुर और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को रामगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं पार्टी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया है दुष्कर्म के ही एक मामले में फरार चल रहे संदेश के निवर्तमान विधायक अरूण यादव की पत्नी किरण देवी को पार्टी ने संदेश विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है सावित्री देवी को चकाई से सुदय यादव को जहानाबाद से और शिवचंद्र राम को पातेपुर से उम्मीदवार बनाया गया है इधर महागठबंधन के एक अन्य घटक दल भाकपा माले ने भी अपने उन्नीस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आज पटना में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की पार्टी ने तरारी से सुदामा प्रसाद अगिआंव से मनोज मंजिल आरा से कमरुद्दीन अंसारी ड्मरांव से अजित कुमार सिंह दरौली से सत्यदेव राम और जिरादेई से अमरजीत कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है प्रदेश में नये राजनीतिक समीकरणों के तहत कई निवर्तमान विधायकों का टिकट कटा है वहीं दोनों गठबंधन के घटक दलों को अपनी जीती हुई सीटें भी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़नी पड़ी है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाईट सत्रहवीं बिहार विधान सभा चुनाव में पार्टियों के नये गठजोड के कारण एनडीए और महा गठबंधन दोनों में कई मौजूदा विधायकों को अपनी पार्टियों के टिकट गंवाने पडे हैं

नये चुनावी समीकरणों के कारण दोनो पार्टियों को सीटों का अदला बदली करनी पडी है या छोडनी पडी है महागठबंधन में भी नये सहयोगियों के जुडने से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को अपनी मौजूदा सीटें वामदलों के लिए छोडनी पडी है राजद ने झंझारपुर और कांग्रेस ने मांझी क्षेत्र की अपनी जीती हुई सीट वामदलों के लिए छोड़ दी हैं धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार पटना एनडीए आज बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा कर सकता है प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है इस सिलसिले में आज एक बार फिर दिल्ली में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक हुई बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी उपस्थित थे हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अधिकृत किया है सूत्रों ने बताया कि गया जहानाबाद और पूर्णियां जिले में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं विधानसभा चूनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने से नाराज होकर महागठबंधन छोड़ च्रकी विकासशील इंसान पार्टी ने नये चुनावी समीकरण के संकेत दिये हैं पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीटों के तालमेल को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है माना जा रहा है कि वीआईपी एनडीए में शामिल हो सकती है प्लुरल्स पार्टी ने चालीस सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनका पहले से किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं रहा है सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों से लम्बे समय से जुड़े रहे हैं शेखप्रा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के निवर्तमान विधायक रंधीर कुमार सोनी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है वहीं काराकाट विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के अरूण कुमार ने अपना नामांकन पत्र भरा है गोविंदपुर और हिसुआ विधानसभा क्षेत्रों से भी एक एक निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में स्वतंत्र शांतिपूर्ण निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सम्पन्न कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है श्री अरोड़ा आज चुनाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर पर्यवेक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस के कारण इस बार चुनाव में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों से मतदाताओं में विश्वास जगाने के हर सम्भव प्रयास करने को कहा बैठक में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि दो व्यय पर्यवेक्षकों की निय्रक्ति की गयी है जरूरत पड़ने पर और व्यय पर्यवेक्षक भेजे जायेंगे इस अवसर पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अधिकारियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे लोगों के बीच आयोग के वास्तविक प्रतिनिधि हैं नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल के अधिकारियों की बैठक हुई बैठक में झारखंड से सटे सीमावर्ती हिस्सों में सघन जांच अभियान चलाने का फैसला किया गया विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन का काम समाप्त हो गया आज अंतिम दिन पटना स्नातक क्षेत्र से पन्द्रह दरभंगा स्नातक क्षेत्र से नौ तिरहुत स्नातक क्षेत्र से ग्यारह और कोसी स्नातक क्षेत्र से बारह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आज पांच उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से नौ तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से पांच और सारण शिक्षक क्षेत्र से पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के नौ सौ सात नये मामलों की प्रष्टि हुई है पटना से सबसे अधिक एक सौ पंचानवे मामले सामने आये हैं पूर्वी चम्पारण से पैंतालीस गोपालगंज से अड़तीस बेगूसराय से तैंतीस और मुजफ्फरपुर तथा पूर्णियां से पैंतीस पैंतीस मामले पॉजिटिव पाए गये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बारह हजार आठ सौ तैंतीस है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर चौरासी दशमलव तीन चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान छिहत्तर हजार से अधिक रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या पचपन लाख छियासी हजार से अधिक हो गई है इसी अवधि में चौहत्तर हजार चार सौ बयालीस लोगों में कोरोना संक्रमण की प्रष्टि होने से कुल संक्रमितों की संख्या छियासी लाख तेईस हजार से अधिक हो गई है वहीं एक दिन में नौ सौ तीन लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर एक लाख दो हजार छह सौ पचासी हो गई है नई दिल्ली स्थित सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड उन्नीस संक्रमण रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाये रखने तथा हाथों की स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पडा घर से बाहर तो कोरिश करे कि जहां आप दो लोग खडे हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें शिक्षा मंत्रालय ने पन्द्रह अक्टूबर के बाद स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को अपने यहां के हालातों को देखते हये शैक्षणिक संस्थानों को खोलने या नहीं खोलने संबंधी फैसले लेने की छूट दी है बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी स्कूल प्रबंधन को कोविड उन्नीस से संबंधित हर एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है संस्थानों में इमजेंसी केयर टीम भी बनानी होगी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में तीन हजार रूपये प्रति माह भूगतान के दावे को गलत बताया है यू टयूब वीडियो में इस तरह का दावा किया जा रहा है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि सरकार ऐसी किसी भी योजना के तहत प्रतिमाह तीन हजार रुपये नहीं दे रही है दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस्ड दो हजार बीस के नतीजों की घोषणा कर दी है

आईआईटी बॉम्बे जोन के चिराग फलोर ने पहला स्थान जबकि लड़कियों की श्रेणी में आईआईटी रुड़की जोन की कनिष्का मित्तल ने टॉप किया है नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोदयनगर स्थित एक घर से एक ही परिवार के चार सदस्यों का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है घर से दूर्गंध आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी आशंका जतायी जा रही है कि सभी सदस्यों की हत्या तीन से चार दिन पहले हुई होगी मामले की जांच की जा रही है शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र से पुलिस और एसएसटी टीम ने छापेमारी कर एक लाख सत्तर हजार रुपये बरामद किये हैं पटना एसटीएफ और खगड़िया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पच्चीस हजार रूपये के ईनामी अपराधी सुरेश यादव को आज खगड़िया के मोरकाही से गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तार अपराधी की हत्या लूट और रंगदारी के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी बक्सर जिले के डुमरांव से पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर पचास किलो गांजा शराब की बोतलें और हथियार बरामद किये हैं कटिहार जिले के डंडखोरा थाना क्षेत्र के द्वाशय पंचायत स्थित एक तालाब में स्नान के क्रम में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है वैशाली जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने आठ सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को दोबारा दिया टिकट राजद ने बीस उम्मीदवारों को दिया टिकट

कल होगी नामांकन पत्रों की जांच